नगर निगम शिमला के महापौर व उप महापौर का चुनाव कल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा पूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रति केन्द्र व प्रदेश सरकारें गंभीर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी जनजातीय क्षेत्रों में ठंड ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया समाचारों के प्रसार के साथ साथ समाज के प्रहरी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मुख्यमंत्री आज शिमला में एक निजी दैनिक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित प्राईड ऑफ हिमाचल कार्यक्रम में बोल रहे थे

उन्होंने लेखक राजा भसीन द्वारा लिखित दो पुस्तकों प्राईड ऑफ हिमाचल और हीडन हिमाचल का विमोचन भी किया

उन्होंने कहा कि इस रैली में भाजपा के राष्ट्रीय नेता केन्द्रीयम मंत्री और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी हिस्सा लेंगे महापौर नगर निगम शिमला के महापौर और उप महापौर के पद के लिए कोरम पूरा न होने के कारण आज चुनाव नहीं हो पाया अब ये चुनाव कल होगा कल चुनाव के लिए कोरम की ज़रूरत नहीं होगी पूर्व निधारित कार्यक्रम के अनुसार इन दोनों पदों के लिए अढ़ाई साल की अवधि के लिए आज चुनाव होना था इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर आज निगम पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी लेकिन कांग्रेस और सीपीएम के सभी पार्षद इस बैठक से गैर हाज़िर रहे

शिमला के विधायक व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जो कि नगर निगम के सहयोगी पार्षद भी हैं ने बाद में कहा कि भाजपा के पास बहुमत है ऐसे में भाजपा का ही महापौर और उप महापौर बनना तय है ऐसे में कांग्रेस पार्षदों को बैठक में आना चाहिए था उन्होंने कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम कल बैठक में ही घोषित करेगी

यह उनकी तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक थी इस दौरान निजी निवेश को प्रभावित करने वाला विनियामक वातावरण बढ़ती सरंक्षणवादी प्रवृत्तियों के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय औद्योगिक उत्पादन लॉजिस्टिक और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बीच निर्यात बढ़ाने के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पैंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में अखिल भारतीय पैंशनर दिवस के मौके पर आयोजित पैंशनर्ज़ सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि पैंशनरों का जीवन और भी सुगम हो इसके लिए सरकार की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने पैंशनरों को मांग पत्र पर सरकार की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया

मुकेश अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि जमीनों का मुददा हिमाचल में एक भावनात्मक मुद्दा है और कांग्रेस इसमें भागीदार नहीं बनेगी

अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने ये फैसला पूंजीपतियों के दबाव में लिया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्यों के प्रति केन्द्र व प्रदेश सरकारें गंभीर हैं और उनके शीघ्र समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं बंडारू दत्तात्रेय आज शिमला में उनसे मिलने आए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर सैनिक कल्याण बोर्ड के पदाधिकारियों ने राज्यपाल से पूर्व सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया राज्यपाल ने कहा कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर संबंधित स्तर पर उठाया जाएगा ताकि उन्हें राहत दी जा सके वीरेन्द्र कश्यप भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि कुछ विरोधी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए वे नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं वीरेन्द्र कश्यप आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से भारत में कई वर्षों से अवैध रूप से रह रहे हिंदुओं को उनका हक मिल सकेगा मौसम प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है जनजातीय इलाकों में ठंड ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं

इसके चलते लाहौल स्पिति में पानी के सभी स्रोत जम गए हैं और लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी का प्रबंध करना पड़ रहा है इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस बीच लाहौल घाटी में सीमा सड़क संगठन ने लाहौल घाटी में केलंग से उदयपुर और केलंग से नॉर्थ पोर्टल तक सड़कों से बर्फ हटा दी है लेकिन फिसलनभरी सड़कों और हिमखंड गिरने के खतरे को देखते हुए वाहन चलाना जोखिमपूर्ण बना हुआ है

इस बीच बर्फबारी के बाद प्रदेश में ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने शिक्षकों और अभिभावकों का आहवान किया है कि वे विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना विकसित करें विपिन परमार आज भड़ोली में डीएवी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षकों और विद्यार्थियों से स्वच्छता प्लास्टि मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर एक होकर काम करने का भी आहवान किया उन्होंने स्कूल के मेघावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षण संस्थानों में बेहतर सुविधाए प्रदान करने के लिए प्रयासरत है वीरेन्द्र कंवर आज तलाई स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने स्कूल के नवनिर्मित सांईस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया